ये विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ दस विधायकों की लम्बित याचिका के साथ कांग्रेस के पांच विद्रोही विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई करने पर सहमत हुई थी

न्यायालय अभियान उच्चतम न्यायालय ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और जल्द अभियोजन चलाने के लिए बच्चों पर यौन शोषण से संबंधित आंकड़े जुटाने के बारे में दस दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है न्यायालय ने पिछले हफ्ते बच्चों के खिलाफ द्वष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया था प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने कल इस मुद्दे से निपटने के लिए किए जाने वाले संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया और प्रत्येक जिले में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या के बारे में रिपोर्ट देने को कहा

वन इंडिया केन्द्र सरकार के वन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश के सभी जिलों की विभागीय योजनाओं और अधिकारियों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक से मिल सकेगी केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की पहल पर पूरे देश को एक थीम पर तैयार होने वाली नई वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है इससे देश के अलावा विदेशी लोग भी भारत के अलग अलग जिलों की संस्कृति पर्यटन स्थल प्रसिद्ध व्यंजन शासन की विभिन्न योजनाओं मौजूदा अधिकारियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों की जानकारी भी मिल सकेगी

इस मौके पर यात्रियों का रेडकार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया

निर्माण निर्देश लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने झाबुआ में अलीराजपुर और झाबुआ जिले में धार्मिक स्थलों के पहुँच मार्गों के कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिये हैं

इसी तरह इन्दौर के एमवाय अस्पताल में गर्भवती महिला रेखा की गर्भ में बच्चा मृत होने की जानकारी सोनोग्राफी में सामाने आने के बाद डॉक्टरों व स्टाफ की लापरवाही पर अस्पताल के अधीक्षक से एक माह में प्रतिवेदन मांगा गया है वहीं सतना जिले के शासकीय प्राथमिक पाठशाला गोलहटा में जहरीले कीड़े के काटने से हुई मौत के मामले में कलेक्टर से एक महिने में प्रतिवेदन देने को कहा है दूसरी ओर शहडोल जिले में ग्राम मिठौली निवास कौशल्या बाई की शिक्षक पति की मौत के बाद उनके फंड की राशि बीईओ द्वारा प्रदान नहीं किये जाने के मामले में कलेक्टर से जांच कराकर एक माह में प्रतिवेदन मांगा है कांग्रेस बैठक जनसम्पर्क मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि मजदूरों कामकाजी महिलाओं के हित के लिए राज्य सरकार कार्य करेगी जो भी परेशानियां होंगी उनके निराकरण के प्रयास किये जायेंगे श्री शर्मा कल भोपाल में कांग्रेस असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक में यह बात कही बैठक में श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने असंगठित मजदूरों को विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आसुतोष विसेन ने भी बैठक को संबोधित किया

सिंधू का पहला मैच कल जापान की आया ओहोरी से होगा साइना नेहवाल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं किदाम्बी श्रीकांत बीसाई प्रणीत और एच एस प्रणय सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे श्रीकांत का मुकाबला जापान के केंता निशिमोतो से प्रणीत का हांगकांग के वॉन्ग विंग की से और एच एस प्रणय का चीन के षी युकी से होगा अश्विनी पोनप्पा एन सिक्की रेड्डी सात्विक साइराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स मुकाबलों में भाग लेंगे गुरू पूर्णिमा गुरू पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश में भी परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा इस मौके पर लोग अपने गुरूजनों का अभिनंदन करेंगे और धार्मिक स्थलों पर विविध आयोजन होंगे भोपाल के गुफा मंदिर में इस मौके पर विशेष गुरू पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जबकि रवीन्द्र भवन में शाम को भजन संध्या होगी होशंगाबाद में इस अवसर पर प्रातःकाल से ही स्नान भजन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है भक्तजन नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर पूजाअर्चना कर रहे हैं खंडवा में इस अवसर पर गुरू शिष्य पंरपरा अनुठी मिशाल पेश की जा रही है संत दादाजी महाराज और उनके शिष्य हरिहरानंद दादाजी की समाधियों पर झंडा अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुँच रहे हैं

ओमकारेश्वर के विभिन्न मठों और आश्रमों में भी गुरू पूर्णिमा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

मुरैना स्थित करहधाम आश्रम पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें देशभर से आये श्रद्वालू पूजा अर्चना करेंगे यहां लोकगीतों की भी प्रस्तुति की जायेगी वहीं सतना जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा शक्तिधाम में प्रधान पुजारी स्वामी देवीप्रसाद पाण्डे वृक्षारोपण कर शिष्यों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे

तापमान बढ़ने से वातावरण में उमस बढ़ गई है मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है